ग़ह मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों को सरकार द्वारा चीन के ब्हान से लाकर मानेसर सेन्य शिविर में रखा गया था

इनमें मालदीप के सात लोग भी शामिल है

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश से केन्द्र सरकार के कई कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है इनमे से क्छ कर्मचारी प्रानी पेंशन योजना के तहत लाये जाने के लिए अदालत के हस्ताक्षेप की मांग कर रहे थे मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह पुराने पेंशन नियमों के तहत आने का एक ही मौका दिया जायेगा

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक निनेवेह सलाहदीन दयाला अल अनबार और किरक्क पांच प्रांतो को छोड़ इराक की यात्राकर सकते है मंत्रालय द्वारा जारी यात्रा सम्बधी मशवरे में कहा गया है कि मौजूदा स्रक्षा स्थितियों के कारण ये पांच प्रात अस्रक्षित है मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक रोज़गार के लिए जाना चाहते है या जिनके पास पहले से ही वर्क परमिट और उचित वीज़ा है वे इराक के स्रक्षित क्षेत्र में काम पर लौट सकते है उन्होंने इराक की यात्रा करने से पहले एरबिल में भारतीय दूतावास के कार्यालय या बगदाद स्थित भारतीय द्रतावास में सूचित करना चाहिए मंत्रालय ने कहा कि जो भारतीय नागरिक धार्मिक मकसद से जाना जाते है वे नजफ़ और करबला की यात्रा कर सकते है उन्हें पड़ोस में सीरिया की धार्मिक यात्रा पर न जाने की सलाह भी दी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार सांझा करने के लिए आमत्रित किया है जिनकों प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए

ये स्झाव शनिवार तक भेजे जा सकते है क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण दवारा आज सिरसा में बिना पंजीकरण व कागज़ात के सड़क पर दौड़ रही स्कूली बसों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया इस दौरान दो स्कूली बसों को बिना जरूरी कागजाता के पकड़ा गया इन बसों का भारी भरकम चालान काटते हये उन्हें कब्जे में लिया गया है इसी के साथ आधा दर्जन अन्य चौपहिया वाहन जो बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे थे व परिवहन नियमों का उल्लघंन कर रहे थे के विभागीय टीम दवारा चालान काटे गये इसी के साथ गैस सप्लाई कर रहे एक केंटर का भी चालान काटा गया और इसे कब्जे मे ले लिया गया है कब्जे में लिये गये सभी वाहनों का बस अड्डा परिसर में रखा गया है प्राधिकरण के सहायक सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते विभागीय टीम दवारा विशेष अभियान चलाया गया है यह अभियान लगातार जारी रहेगा बिना कागज़ात के वाहन को सड़क पर दौड़ने नहीं दिया जायेगा पंचकूला में चलरही बजट पूर्व परिचर्चा के दूसरे दिन म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिचर्चा का मूल उद्देश्य हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के अन्रूप काम करना है उन्होंने कहा कि आज खेल स्वास्थ्य अन्सूचित एवं अन्सूचित जनजातियों के कल्याण को लेकर चर्चा ह्ई और सभी की तरफ से अच्छे स्झाव आये है जिनहें प्राथमिकता के साथ अमल में लाया जायेगा

वहीं हरियाणा के पूर्व म्ख्यमंत्री व विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हडडा ने कहा कि ये स्झाव लिखकर भी मांगे जा सकते थे परंत् इस सरकार ने अबर ये प्रयास किया है तो अच्छा है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहत अधिक काम करने की जरूरत है फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप पानेसर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा पत्र देखकर सम्मानित किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर पानेसर चीन जाने वाले उस दल में शामिल थे जो एयर इंडिया के विमान से कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को लेकर आया था

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि टोहाना में कैंसर अस्पताल खोला जायेगा जिसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जायेगी उन्होंने बताया कि राज्य में कैंसर के लिए रोगियों के तृतीय स्तर के उपचार के लिए इस समय राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाढ़सा अपनी सेवायें दे रहा है इसके अलावा अम्बाला में भी एक तृतीय श्रेणी कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है जिसकों शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को उनके घरों के आस पास ही उपचार की स्विधा उपलब्ध करवाने के लिए कैथ लैब ट्रामा सेंटर और होमो डायलिसिस केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को महर्षि दयानदं सरस्वती की शिक्षाओं ओर सिदवांतों को अपनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद देश को पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले जाने वाले देश के प्रथम योदवा थे उन्होंने हरियाणा के रेवाड़ी में पहली गौशाला खोली थी उध्र अम्बाला के मुरलीधर डीएवी पब्लिक स्कूल में भी स्वामी जी जयंती पर हवन यज्ञ किया गया इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई बच्चों ने उनसे सम्बधित भजन कवितायें स्नाई और व्याख्यान भी दिया इस अवसर पर स्वामी जी के जीवन पर आधारित प्रश्नोतरी प्रतियोगिता भी करवाई गई अम्बाला छावनी के सदर बाज़ार चौक आज ग़हमंत्री अनिल विज दवारा रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर काम पर रवाना किया गया

उन्होंने कहा कि लाखों रूपये की लागत से ये मशीनों खरीदी गई है

इस अवसर पर अम्बाला नगर परिषद के अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे सिरसा के विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने कहा है कि सिरसा में चिकित्सा महाविद्यालय बनने से सिरसा व आस पास के क्षेत्रों को बेहतर स्वास्थ्य स्विधायें मिलेगी उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेज का निर्माण शीघ्र हो इसके लिए वे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात करेंगे श्री गोपाल कांडा सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री कांडा ने कहा कि उन्होंने मेडिकल कालेज और सिरसा के अत्याध्निक चिक्तिसा स्विधाये उपलब्ध करवाने की मांग पुरज़ोर तरीके से उठाई थी और सरकार से भी लगातार इस सिलसिले में बातचीत चलती रही उसी का नतीजा है कि सिरसा को अब मेडिकल कालेज की सौगात मिलने जा रही है